केन्द्र सरकार ने किया स्पष्ट एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं जारी होंगे नए राशन कार्ड प्रदेश भर में कल लगाई जायेंगी लोक अदालतें लंबित मामलों का होगा निराकरण

प्रधानमंत्री बोडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को भरोसा दिलाया है कि नागरिकता संशोधन कानून के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं बस सकेगा श्री मोदी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि सीएए के जरिए बाहरी लोग यहां बस जाएंगे आज कोकराझार में बोडो शांति समझौते पर आयोजित समारोह के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे उन सभी लोगों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आने की अपील की उन्होंने कहा कि बोडो युवाओं को इस दिशा में एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि हिंसा कभी किसी मुद्दे का हल नहीं है

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद प्राधिकरण सभी हितधारकों को परिषद में शामिल करके विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगा राशन कार्ड केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे राज्य सभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री पासवान ने कहा कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी के लिए प्राने कार्ड ही चलेंगे उन्होंने योजना के अंतर्गत नए कार्ड जारी करने वाली सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट को खारिज किया श्री पासवान ने कहा कि ये योजना इस वर्ष जून से पूरे देश में लागू की जाएगी

कौशल विकास केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित सोलह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है आज राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

इस योजना के तहत रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नौकरी पर रखा गया है कोरोना वायरस पन्ना जिले में प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व और अन्य पर्यटन स्थलों में आने वाले विदेशी पर्यटकों से खासतौर पर सावधानी बरतने को कहा है

कार्यक्रम के अनुसार शिवपुरी शहर में इस रविवार को वाकेथॉन आयोजित की जा रही है चहलकदमी कार्यक्रम में प्रशासन पुलिस के अधिकारी जनप्रतिनिधि सहित शहर के आमजन भाग लेंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे

वोटों की गिनती मंगलवार को होगी स्वतंत्र और सुचारू मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है

इसमें विभिन्न प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण होगा

शिवपुरी जिले में आयोजित लोक अदालत में संपति और जल कर सहित अन्य करों के अधिभार पर छूट दी जायेगी

बड़वानी जिले में प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से लोक अदालत की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है देवास सागर श्योपुर कटनी अशोकनगर और मंदसौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा मौसम मौसम के बदलते मिजाज और ठंड के असर के बीच आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई मंडला और सिवनी जिले में रिमझिम बारिश होने से ठंडक बढ़ गई है वहीं प्रदेश के अनूपपुर सहित कई जिलों में शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है

यह जानकारी आज भोपाल में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में दी गई

रायसेन जिले के ग्राम किशनपुर में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी शामिल हुए